इस विधेयक में जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाला केन्द्रशासित प्रदेश और लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केन्द्रशासित प्रदेश बनाने का प्रावधान है

उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है बल्कि राजनेता वहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं

प्रस्ताव का विरोध करते हुए सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस हर कीमत पर संविधान की रक्षा करेगी लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज संविधान की अवमानना की है

उन्होंने कहा कि इस अनुच्छेद को हटाये बगैर जम्मू कश्मीर से आतंकवाद नहीं हटाया जा सकता उधर लोकसभा में कांग्रेस डीएमके और अन्य दलों ने जम्मू कश्मीर के बारे में सरकार के फैसले पर विरोध प्रकट किया

अब राज्य की संविधान सभा विधान सभा के नाम से जानी जायेगी केन्द्र सरकार के जम्मू कश्मीर के बारे में लिए गए आज के फैसले का प्रदेश में अधिकतम स्थानों पर स्वागत हुआ है दौसा करौली बूंदी कोटा बीकानेर टोंक सिरोही सवाईमाधोपुर प्रतापगढ सहित कई स्थानों पर लोगों ने राज्यसभा में इस बारे में प्रस्ताव लाये जाने के बाद जश्न मनाया

प्रदेश भाजपा ने केन्द्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है

गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा गया है कि अफवाह फैलाने वालों पर हर संभव अंकृश लगाया जाये साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किये जायें

इसे एफ एम गोल्ड और राजधानी चैनल पर रात सवा नौ बजे से सुना जा सकेगा यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम पर भी उपलब्ध रहेगा

उन्होंने विधेयक को सदन में लाने के कारणों और उद्देश्यों को रेखांकित करते हए बताया कि देश ँका संविधान सभी लोगों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और विधियों के समान संरक्षण के अधिकार प्रदान करता है हाल ही में ऐसी अनेक घटनाएं हुई है जिनके परिणामस्वरूप मॉब लिंचिंग के कारण व्यक्तियों की जीविका की हानि क्षति और उनकी मृत्यु हुई है

सबसे शांत माने जाने वाले प्रदेश की पहचान देश में मॉब लिंचिंग स्टेट के रूप में होने लगी थी चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सदस्यों ने इस विधेयक को काला कानून बताया प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड ने कहा कि इसके दूरगामी परिणाम आने वाले पीढियां भोगेंगी सदन के बाहर पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा सदस्य मदन दिलावर ने कहा कि यह विधेयक गौहत्या करने वालों को संरक्षण देने का कानून है विधानसभा में आज ऑनर किलिंग रोकने के लिए लाये गये विधेयक भी बहस चल रही है उम्मीद की जा रही है कि यह विधेयक भी आज सदन में पास हो जायेगा विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि कई बार माता पिता या उनके रिश्तेदार अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करने पर बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराध कर देते हुए हैं उन्होंने कहा कि यह सामाजिक तानेबाने के खिलाफ है और आज भी ऐसी कई क्रीतियां हमारे विंकास में बाधक बनी हुई हैं

श्री कटारिया ने कहा कि इस समय पंचायतों को पूर्नगठित करने का कोई औचित्य नहीं है

श्री कटारिया ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसे प्रयास पहले भी किये लेकिन वे सफल नहीं हो पाये

एक प्रश्न का जवाब देते हुए श्री मीणा ने स्पष्ट किया कि जो पुराने उद्योग लगे हुए है उनका कन्वर्जन होता है और एक भी ऐसा उद्योग नहीं है जो बिना किसी कन्वर्जन के स्थापित हो उन्होंने बताया कि कन्वर्जन की सारी प्रक्रिया सम्बन्धित जिला कलक्टर के स्तर पर सम्पादित की जाती है

इस मामले में आज स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया प्रशासन ने क्षेत्र में एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है

दल में शामिल कोयला मंत्रालय र्क अधिकारियों ने बारा जिले के फूंसरा गांव में जल शक्ति अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों को देखा इस बीच बारा में आज जलशक्ति अभियान के तहत आयोजित बैठक में पेड़ों की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गई

इस मौके पर जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने बच्चों के साथ पौधरोपण कर पेड़ों की सुरक्षा का संकल्प लिया